उन्होंने बताया कि अलवर बारा बांसवाडा चित्तौडगढ जैसलमेर करौली नागौर श्रीगंगानगर सिरोही और बूंदी जिले में नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए केन्द्र समर्थित योजना के तहत ये मंजूरी दी गई है

उन्होंने बताया कि इनके निर्माण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा

श्री पायलट ने आज जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की शानदार जीत होगी

राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत ट्रान्सजेंडर श्रेणी के पात्र आशार्थियों को अब साढे तीन हजार रूपए प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिए जाएंगे राज्य सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है निर्देशों के अनुसार ट्रांन्सजेंडर श्रेणी के लिए पात्र आशार्थी को राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से प्रदत्त स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए

इस अनूठे कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी

इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा और सचिव रीना रॉय भी इस अवसर पर मौजूद थीं

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज जयपुर में संवाददाताओं से कहा कि अतिवृष्टि के कारण एक दर्जन से ज्यादा जिलों में फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है और कोटा संभाग में सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है

उन्होंने बताया कि एक दो दिनों में बाकी हिस्सों से भी मानसून विदा हो जाएगा